पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास न तो कोई नेता है न कोई कार्यक्रम और न ही कोई रणनीति है उसका एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में आने से रोकना है आज नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले विजन डॉक्यूमेंट्स दो हजार बाईस नाम के राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने विपक्ष पर हताशा और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है पार्टी के बरिछ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जनता उन लोगों का साथ नही देती जो राजनीति में नकारात्मकता लेकर आते है उन्होंने कहा कि प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पास एक दृष्टि है जून्न है और देश के विकास की परिकल्पना है उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में दो हजार बाईस तक ऐसे न्यू इंडिया के निर्माण की बात भी कही गई है जो गरीबी सांप्रदायिकता जातिवाद भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त होगा केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के रोजगार परक कार्यक्रम हुनर हाट ने हांशिये पर खड़े हुनरमंद शिल्पकारों और दस्तकारों को संजीवनी देने का काम किया है हुनर हाट से उनके उत्पाद के लिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खुले हैं श्री नकवी आज इलाहाबाद के उत्तर मध्य सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित हनर हाट के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हुनर हाट ने मेक इन इण्डिया स्टैण्ड अप इण्डिया और स्टार्ट अप इण्डिया के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निमायी है रेलये बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने आज उत्तर मध्य रेलये के इलाहाबाद मण्डल के कानपुर परिक्षेत्र का दौरा किया उन्होंने कानपुर अनवरगंज स्टेशन पर डाटा लागर के कन्ट्रोल आफिस ऐप्लीकेशन कनेक्टीविटी का श्मारम्भ किया इसके माध्यम से गाड़ियों के आने जाने पर नजर रखी जा सकेगी बाद में पत्रकारों से बातवीत करते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि इस समय रेलवे में सुख्या उपायों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है खान पान के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इसमें काफी सुवार हो रहा है उन्होंने कहा कि लगभग बारह लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है यह छोटा काम नहीं है उन्होंने कहा कि श्रताब्दी और राजघानी ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो गयी है प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र योजना दोहरे फायदे वाली योजना है जिससे ग्राहकों के साथ साथ फार्मासिस्टों को भी फायदा हो रहा है इस योजना के तहत जेनरिक दवाओं को शामिल किया गया है जो कि बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रमावित बदायूं और बरेली जिलों में बुखार फैलने से कई लोगों की जान गयी है

बुंदेलखंड इलाके में कई बांचों से पानी छोड़े जाने के बाद तमाम गाँव पानी से घिरे हुए हैं यहां ललतपुर जिले में तालबेहाट तहसील के कादेसराकता गांव से एक व्यक्ति को बचाने के लिए एयस्पोर्ट के हेतीकाप्टर की मदद लेनी पड़ी जो माताटीला बांच से पानी छोड़े जाने के बाद बेतवा नदी में एक टापू पर चार दिनों से फंसा हथा था सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के सिचाई मंत्री ने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों राज्य के विभिन्न भागों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबबर ने आरोप लगाया है कि केन्द्र की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की जनता मंहगाई के बोझ तले दबी हुई है आज लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ती मंहगाई पर आग में तेल डालने का काम किया है उन्होंने दस सितम्बर को मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्तावित भारत बंद के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी